आज रात तक हो सकता है फैसला

घूप की तेजी में कमी

आज दिन भर इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता भोपाल से दिल्ली तक विचार मंथन में जुटे रहे प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दोनों दावेदार कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अपने समर्थकों के साथ लॉबिंग में जुटे हैं यही कारण हैकि भोपाल में होने वाली पार्टी विधायकों की बैठक को टालना पड़ा और समाचार लिखे जाने तक भी इस संबंध में कोई फैसला नहीं हो सका है पार्टी सूत्रों का कहना है कि युवा और अनुभवी मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी में जद्दोंजहद जारी है इसी वजह से अभी तक एक नाम पर सर्व सम्मति नहीं बन पा रही है उधर दिल्ली में मध्यप्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले राजनीतिक गहमागहमी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की समझा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तीनो राज़्यों में मुख्यमंत्री बनाये जाने के बारे में सोनिया गांधी से मंत्रणा की इससे पहले मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ और वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्री गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की इससे पूर्व वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षामंत्री एकेएन्टोनी की मौजूदगी में कल भोपाल में हुई पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नेता चयन का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सौंपने संबंधी एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया

यहां नोटा को उम्मीदवारों के बीच हार जीत के फासले से ज्यादा वोट मिले है

अधिक जानकारी दे रहे है हमारे संवाददाता संजीव शर्मा

इस व्यवस्था के अंतर्गत स्नेक्स की बिक्री के लिए कियोस्क बनाए जाएंगे और चाय तथा कॉफी उपलब्ध कराने की मशीनें लगाई जाएंगी तथा पीने के पानी के एटीएम की सुविधा उपलब्ध होगी लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि टोल प्लाजा में महिलाओं और पुरूषों के लिए शौचालय भी बनाए जाएंगे

तीन दिवसीय इस आयोजन में पहले दो दिनों में विद्यार्थियों का शैक्षिक मूल्यांकन किया जायेगा

बालसभा में बच्चों की सांस्कृतिक खेल कृद एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन होगा राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूलों में प्रतिभा पर्व का आयोजन किया गया

वहीं शिवपुरी जिले में दो हजार से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रतिभा पर्व का आयोजन किया जा रहा है प्रतिभा पर्व के दौरान पहले दो दिन बच्चों का शैक्षिणक स्तर जानने के लिये परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया जायेगा जबकि तीसरे दिन अभिभवकों और बच्चों की मौजूदगी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे प्रदेश के खंडवा जिले सहित अन्य जिलों से भी प्रतिभा पर्व मनाये जाने के समाचार मिल रहे हैं सभी शिक्षकों से अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपनी शाला और विद्यार्थियों का मूल्याकंन करें

पहले दिन मिंटों हाल में शाम पांच बजे से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनके शिष्य राकेश चौरसिया का बांसुरी वादन होगा और स्मिता नागदेव का सितार वादन होगा

रात आठ बजे भारत भवन में अमेरिका के जैज फ्यूजन के लोकप्रिय कलाकार तिएरा अपने ग्रुप के साथ प्रस्तुति देंगे अगला कार्यक्रम इकबाल मैदान में होगा

उसके बाद भोपाल की कलाकार संतूर वादक श्रृति अधिकारी अपने बेटे और शिष्य निनांद के साथ जुगलबंदी प्रस्तुति देंगी इसी क्रम में अगला कार्यक्रम रात आठ बजे भारत भवन में होगा जिसमें जो अल्वारिस जैज संगीत और फंक ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रस्तुति देंगे समारोह की समापन प्रस्तुति विख्यात गजल गायिका पीनाज मासानी की गजलों के साथ होगी

इस कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कृति के आदान प्रादान के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब दिवटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् आज सुबह संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद हमले के शहीदों को याद करते हुये उन्हें श्रद्वांजलि दी श्री मोदी ने टवीट के माध्यम से कहा कि हम उन लोगों की बहादुरी को सलाम करते हैं

उनका साहस और वीरता हर भारतीय को प्रेरित करती है इस मौके पर एक ट्वीट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने भी श्रद्वांजलि देते हुये कहा कि देश इन शहीदों की स्मृति में श्रद्धानत हैं उन्होंने कहा कि इनके प्रयासों से भारत के लोकतंत्र पर प्रहार नाकाम कर दिया गया

अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन इस वर्ष शाक्त तंत्र एवं श्रीविद्या परंपरा पर आधारित होगा पहली बार किसी अकादमिक संस्था द्वारा शाक्त तंत्र पर आधारित इस प्रकार का वैश्विक स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है

इसमें केरल के शास्त्रीय गायक केवलम श्रीकुमार पनिक्कर अपना गायन प्रस्तुत करेंगे साथ ही बैंगलोर की डॉ पदमजा सुरेश भरतनाट्यम प्रस्तुत करेंगी

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन कर इन समाचारों को पढ़ भी सकते हैं

पहले मैच में सिंधु ने जापान की अकाने यामागूची को पराजित किया था

श्री खरे मनोरंजन और मीडिया उद्योग में बौद्विक सपंदा अधिकार और साहित्यिक चोरी के मुद्दों पर नई दिल्ली में एसोचैम की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री खरे ने कहा कि मनोरंजन उद्योग में तीस प्रतिशत वृद्वि हुई है इसमें हर वर्ष डेढ़ लाख और रोजगार जुटाने की क्षमता है उन्होंने कहा कि इस उद्योग को साहित्यिक चोरी से बचाना सरकार की प्राथमिकता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए पाइरेसी का मुद्दा थोड़ा जटिल है क्योंकि हमें मालूम है कि कई साइट्स हैं जो नियमित रूप से पाइरेटेड सामग्री दिखाती हैं इसमें हम सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिससे कि अगर जरूरी हो तो इन साइट्स को ब्लॉक करने के लिए कानून में बदलाव किया जा सके

लेकिन इस दफा ठंड की आमद में देरी हुई लगातार बदलते मौसम के बीच अब प्रदेश में तेज सर्दी पड़ने लगी है मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पड़ रही तेज सर्दी और ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ राजस्थान के पूर्वी हिस्सें में चक्रवात बन जाने से भोपाल सहित पूरे प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है

इससे तापमान सामान्य से सात डिग्री कम हो गया है

हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि जिले में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ गई है आज दिनभर बादल छाये रहने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई शहर में नगरपालिका ने मुख्य स्थानों पर अलाव जलवाना शुरू कर दिये हैं

इसक अलावा रीवा शहडोल उज्जैन और ग्वालियर संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से अधिक तथा शेष संभागों के जिलों में तापमान सामान्य रहा

जो तीनों सेनाओं में सबसे अधिक है रक्षा राज्य मंत्री ने यह जानकारी लोकसभा में दी